विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता देश के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिये रैलियां कर रहे हैं इस चरण में प्रदेश के मालवा निमाड़ की आठ सीटों इंदौर देवास उज्जैन धार मंदसौर रतलाम खंडवा और खरगौन में मतदान होगा प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज धार और झाबुआ संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे वे मनावर और अलीराजपुर में चुनावी सभाएं लेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान आज इन्दौर मंदसौर उज्जैन और रतलाम झाबुआ सीटों पर चुनावी सभाएं लेंगे वहीं केन्द्रीय मंत्री स्मृति रानी कल इन्दौर देवास और खंडवा में चुनावी सभाएं लेंगी कांग्रेस के लिए पंजाब मंत्री और पूर्व किकेटर नवजोत सिंह सिद्ध कल धामनोद में चुनावी सभा लेंगे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज देवास जिले के विजयगंज मंडी रतलाम जिले में शिवगढ़ और खरगोन सीट पर आभापुरी में चुनावी सभाएं लेंगे वहीं कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश के नीमच उज्जैन और खण्डवा में अलग अलग रैलियों को संबोधित किया श्री गांधी ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस अपनी न्याय योजना को लागू करेगी

दस लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार के अवसर मिलेंगे किसानों के लिए अलग से बजट बनाकर उनके हित सुनिश्चित किये जाएंगे वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने उज्जैन में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि देश में मोदी की सुनामी जैसी लहर चल रही है उन्होंने कहा कि केवल नरेन्द्र मोदी ही एक मजबूत सरकार बना सकते हैं जो देश के विकास को गति दे सकती है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कमलनाथ तथा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मालवा में विभिन्न स्थानों पर प्रचार किया

ताजा आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है

विधानसभा एवं जिलावार मत प्रतिशत की विस्तृत जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है बाढ़ योजना राज्य सरकार ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टर को बाढ़ और अति वृष्टि की स्थिति से निपटने के लिये बचाव और राहत कार्य के लिये जिला स्तर पर एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिये हैं प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी ने बाढ़ की आशंका वाले जिलों में जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम बनाने और आवश्यक होने पर तहसील स्तर पर भी कन्ट्रोल रूम बनाने को कहा है जिन क्षेत्रों में अक्सर बाढ़ आती है वहाँ निगरानी के लिये विशेष व्यवस्थाएँ करने आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने ठहराने आदि के लिये स्थानों की पहचान के साथ सम्पूर्ण योजना तैयार करने को कहा गया है बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लोगों को पंचायत नगरपालिका स्थानीय स्वयंसेवी संस्था आदि के सहयोग से बचाव की जानकारी का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक खण्डपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर कार्ययोजना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपने का निर्देश दिया

हमारे हरदा संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए चौरासी महिलाओं का चयन किया गया है वे हरदा और टिमरनी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की जिम्मेदारी संभालेंगी खास बात यह है कि मतगणना केन्द्र की सुरक्षा और अन्य कामों की जिम्मेदारी भी महिलाओं को ही दी गई है इसी सिलसिले में आज यहां के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना दलों को प्रशिक्षण दिया गया

यह परिणाम मुख्य सचिव एसआर मोहन्ती सुबह ग्यारह बजे भोपाल स्थित मॉडल स्कूल में घोषित करेंगे मण्डल सचिव अजय गंगवार ने बताया कि इस वर्ष साढ़े अठारह लाख से अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे दोनो परीक्षाओं का परिणाम एक साथ घोषित किया जायेगा

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सफल विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाए दी है उन्होंने ट्विटर पर एक संदेश में कहा है कि जिन विद्यार्थियों के उम्मीद् के मुताबिक परिणाम न आये वे भी निराश न हो और दोबारा मेहनत करें क्योंकि एक असफलता से सफलता की राह नहीं रूकती नौसेना परीक्षा भारतीय नौसेना पहली बार स्नातक परीक्षा के बाद अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए इस वर्ष सितम्बर में परीक्षा आयोजित करेगी इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रतियोगियों का चुनाव सैन्य चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए किया जाएगा यह परीक्षा हर छह महीने में आयोजित की जाएगी निषाद जयंती प्रदेश में निषाद मांझी केवट समाज आज केवट जंयती मना रहा है इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं रायसेन में महामाया मंदिर परिसर में महाराज केवट की जयंती मनाई जायेगी इस मौके पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किये जायेंगे मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने से तापमान में गिरावट आई है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान रीवा जबलपुर सागर ग्वालियर उज्जैन संभागो में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई

मौसम विभाग ने सागर ग्वालियर चम्बल संभागों के जिलों और रीवा सतना सीधी नीमच मंदसौर जबलपुर अनूपपुर डिण्डोरी जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई है इन क्षेत्रों में तेज हवा भी चल सकती है